राज्य में पिछले चौबीस घंटे में नौ सौ पचपन नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए उपचार के बाद नौ सौ सताइस लोगों को अस्पतालों से मिली छट्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से भारत माला परियोजना के तहत राज्य में चार सौ बावन किलोमीटर लंबी दो सड़कों के निर्माण में तेजी लाने का किया आग्रह मौसम विभाग ने राजधानी रांची जमशेदपुर और हजारीबाग समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले बहतर घंटे के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया

उम्मीदवारों और चुनाव संचालन में लगे कर्मचारियों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए कड़े मानदंड तय किये गये हैं

घर घर चनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी रोड शो के दौरान पांच वाहनों के काफिलों के बीच अन्तर रखना जरूरी होगा

इसके अलावा चुनाव से संबंधित गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में पन्द्रह सौ मतदाताओं के नियम की बजाय किसी मतदान केंद्र पर एक समय में केवल एक हजार मतदाताओं को जाने की अनुमति दी जायेगी राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान नौ सौ पचपन नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वहीं उपचार के बाद स्वस्थ हुए नौ सौ सताइस लोगों को कोविड अस्पतालों से छट्टी दी गई इस दौरान छह संक्रमितों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा धनबाद से दो सौ इकलातीस रांची से एक सौ अस्सी बोकारो से एक सौ छह पूर्वी सिंहभूम से छियानबे और पश्चिमी सिंहभूम से सैतालीस मरीज मिले हैं वहीं स्वस्थ होने वालों में रांची से दो सौ छियालीस पूर्वी सिंहभूम से दो सौ सोलह धनबाद से तिरसठ और देवघर से चौवन लोग शामिल हैं इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम से दो और बोकारो देवघर रांची और साहेबगंज से एक एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अठाइस हजार एक सौ छियानबे हो गई है इसमें अठारह हजार तीन सौ बहतर मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि नौ हजार पांच सौ सताइस सक्रिय मामले और मृतकों की कुल संख्या दो सौ संतानबे है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर पैसठ दशमलव एक पांच प्रतिशत हो गई है राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दर निर्धारित करने का फैसला किया है इसके लिए कैंपिंग का प्रस्ताव किया गया है इसके तहत संक्रमितों के इलाज से जुड़ी सभी तरह की दरें निर्धारित की गई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में लागू दरों के आकलन के बाद निजी अस्पतालों के इलाज की दर का निर्धारण किया गया है इसे मंजूरी के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास भेजा गया है उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमितों से इलाज के नाम पर मनमाना पैसा वसूलने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी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 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से भारत माला परियोजना के तहत राज्य में चार सौ बावन किलोमीटर प्रस्तावित दो सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया है कि झारखंड और उत्तरप्रदेश के बीच बेहतर कनेक्टविटी के लिए लोहरदगा के कुड्र से पलामू और गढ़वा होते हुए उत्तरप्रदेश की सीमा तक की सड़क को फोरलेन बनाने का काम जल्द शुरू किया जाए उन्होंने यह कहा कि भारत माला परियोजना के तहत आर्थिक गलियारा के लिए संबलपुर रांची और रायपुर गुमला रांची बोकारो धनबाद सड़क के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए गए डीपीआर को राज्य ने मंजूरी दे दी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने देशभर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत की है इस ऐप का उपयोग राजमार्ग पर पौधरोपण प्रतिष्ठान की क्षेत्रीय इकाइयों के प्रत्येक स्थान प्रजातियों के विवरण रखरखाव और गतिविधियों तथा उपलब्धियों की निगरानी के उद्देश्य से किया गया है एनएचएआई ने हाल ही मेंएक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान हरित भारत संकल्प भी शुरू किया है झारखंड के तीन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा इनमें सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के शिक्षक रिमथ कमार सोनी बोकारो के चास के प्लस द हाई स्कूल की शिक्षिका निरुपमा कुमारी और जमशेदपुर के तारापुर की शिक्षिका इशिता डे शामिल हैं केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के सैतालीस शिक्षकों का चयन इन पुरस्कार के लिए किया है

क्रिकेटर रोहित शर्मा पहलवान विनेश फोगाट पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु टेबल टेनिस खिलाडी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा खेल मंत्रालय ने देश के इस सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिये जिन पांच खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गयी थी उन्हें स्वीकार कर लिया है खेल मंत्रालय ने खेल रत्न हासिल करने वाली साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया है

मौसम विभाग ने राजधानी रांची जमशेदपुर और हजारीबाग समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले बहतर घंटे तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पच्चीस अगस्त तक एक बार फिर मानसून झारखंड में सक्रिय रहेगा इधर पिछले दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है रांची जमशेदपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर उलिडीह के समीप डायवर्सन बह जाने से वाहनों का परिचालन बाधित हो गया है वहीं कई नदियों का जलस्तर उफान पर है रांची के गोंडा डैम में जलस्तर बढ़ाने से फाटक को खोलना पड़ा वहीं कई और इलाकों में सड़कों पर जलजमाव से लोगों को परेशानी हो रही है गौरतलब है कि एक जून से इक्कीस अगस्त तक रांची में एक हजार चौतीस और जमशेदपुर में एक हजार एक सौ छह मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है झारखण्ड कैडर के आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय वित्तं सचिव राजीव कुमार को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है वे अशाोक लवासा का स्थान लेंगे जिन्होंने इस सप्ताह के शुरू में इस्तीफा दे दिया था श्री कुमार इस महीने की इकतीस तारीख को श्री लावसा के कार्य मुक्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे श्री कुमार की नियुक्ति ऐसे समय की गई है जब कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार विधानसभा के अलावा कई राज्य में उपचुनाव होने हैं संक्षिप्त खबरें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिब्र सोरेन और उनकी पत्नी रुपी सोरेन के अलावा जेल आईजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं

जिला प्रशासन द्वारा इन होटलों में बैठा कर खाने खिलाए जाने की सूचना मिलने पर छापेमारी की गई थी

प्रभात खबर ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रुपी सोरेन के कोरोना पॉजिटिव होने तथा राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दर निर्धारित करने को लेकर तैयार प्रस्ताव की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा हजारीबाग जिले में एक बच्ची को एसिड पिलाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस की जांच शैली पर नाराजगी जाहिर करने की खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुख खबर बनाया है

दैनिक हिंदुस्तान ने उच्च न्यायालय में राज्य की नियोजन नीति पर सुनवाई पूरी होने और झारखंड के तीन शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने मेकॉन के मुख्य प्रबंधकीय निदेशक समेत सात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने और निजी हाथों में पुलिस की कई ॅसेवाओं को देने को लेकर हो रहे विचार विमर्श की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है